इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में ब्नियादी ढांचे लॉजिस्टिक्स और क्षमता निर्माण को मजबूत करना है वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने किसानों के लिए एक लाख करोड़ रुपये का कृषि ढांचागत कोष बनाने की भी घोषणा की है इसके अलावा माइक्रो खाद्य उपक्रम मवेशी टीकाकरण डेयरी क्षेत्र हर्बल खेती मध्मक्खी पालन और फल तथा सब्जियों के लिए भी योजनाओं की घोषणा की गई है श्रीमती सीतारामन ने बताया कि सरकार किसानों कृषि उपज संगठनों प्राथमिक सहकारी संगठनों कृषि उद्यमियों और कृषि ढांचागत कोष के तहत स्टार्टअप के लिए एक लाख करोड़ रुपये देगी यह कोष जल्द बनाया जाएगा उन्होंने कहा कि किसानों को उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक वस्त् अधिनियम में संशोधन किया जाएगा

श्री अन्राग ठाक्र ने बताया कि सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने और मछली पालकों की स्थिति में स्धार के लिए विशेष ध्यान दे रही है इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना श्रू की जाएगी

वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि हर्बल खेती को बढावा देने के लिए चार हजार करोड़ रुपये के कोष की घोषणा की गई है श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मध्मक्खी पालन के लिए पांच सौ करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है सरकार ने सभी फलों और सब्जियों को ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत लाने की घोषणा की है इसके लिए पांच सौ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा कल जारी ब्लेटिन के अन्सार दो हजार नौ सौ बयालीस नमूनों में से दो हजार चार सौ चौरासी नमूनों का टेस्ट निगेटीव और दौबारा जाँच के लिए एकत्र किए गए बासठ नमूनों का परिणाम भी निगेटीव जबकि तीन सौं चोरानवें नमूनों का परिणाम आना बाकी है ब्लेटिन में कहा गया है कि ईस्ट कामेंग जिले के सेप्पा में गत ग्रुवार को एक व्यक्ति द्वारा गले में खराश और छाती में दर्द की शिकायत के बाद उसे जिला अस्पताल सेप्पा में आइसोलेशन में रखा गया है गौरतलब है कि गत नौ मई को जाँच के लिए आर एम आर सी डिब्र्गढ़ असम में भेजे गए टेस्ट का परिणाम निगेटीव आया था वही दूसरी बार एकत्र सेंपल गत श्क्रवार को ट्रीम्स नाहरलगन पहुँचा जिसकी जाँच आर टी पी सी आर द्वारा ट्रीम्स प्रयोगशाला में किया गया और परिणाम दोबारा निगेटीव आया

उन्होंने कहा कि कोरोना हमारे लिए एक बड़ा सबक है क्योंकि इसने हमें सिखाया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि अरुणाचल में स्वास्थ्य स्विधाओ को और बेहतर करने के लिए धनराशि लगाया गया है श्री मेन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज से व्यवासायियों एम एस एम ई छोटे व्यापारियों एवं उद्यमियों किसानों सड़क विक्रेताओ और प्रवासी कामगारों द्वारा सामना कर रहे समस्याओं को सुलझने में मदद मिलेगी

आकाशवाणी से बातचीत में श्री तायेंग ने कहा कि राज्य सरकार के पोर्टल में देशभर में फंसे नौ हजार से अधिक अरुणाचलियों का नाम राज्य में वापस आने के लिए पंजीकृत किया गया है उन्होंने कहा कि फंसे लोगो के लिए नाहरलगन स्टेशन तक के लिए कोई विशेष ट्रेन नही चलाई जाएगी लेकिन राज्य के लोगो को विशेष श्रमिक रेलगाड़ी से गुवाहाटी तक पहुँचाया जाएगा जहाँ से राज्य सरकार उन्हें बसो से अपने अपने संबंधित जिलों के क्वारंटाइन सेंटर में ले जाएंगे उन्होंने कहा कि इसके लिए असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से बात की जा रही है और साथ ही उन राज्यों से भी बात की जा रही है जहाँ अरुणाचल के लोग फंसे हए है